इस उपग्रह के अधिकांश उपकरण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किए हैं यह उपग्रह देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का कार्य करेगा

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विपक्षी दलों के वकील एएम सिंघवी को निर्देश दिया कि वे अगले सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करें निर्वाचन आयोग ने पिछले शक्रवार को न्यायालय से विपक्षी दलों की याचिका खारिज करने का अनरोध किया था आयोग ने अपने हलफनामें में कहा है कि विपक्षी नेता प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र की पर्थियों के गिनने की वर्तमान व्यवस्था को बदलने के बारे में कोई मजबूत तर्क नहीं दे सके अधिसूचना प्रदेश की छह संसदीय सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी प्रदेश में चौथे चरण में होने वाले छह लोकसभा क्षेत्रों सीधी शहडोल जबलपुर बालाघाट मंडला और छिन्दवाडा में मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी होगी इसके साथ ही कल से नामांकन दाखिल होने का क्रम शुरु हो जाएगा निर्वाचन आयोग मनरेगा निर्वाचन आयोग ने पहली अप्रैल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी है मजदूरी की नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरूआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं

यह वृद्धि मौजूदा मजदूरी से पांच प्रतिशत तक अधिक हो सकती है

सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न भरते समय आज से आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे लिंक करना अनिवार्य है

जानकारी के अनुसार खेल और युवा कल्याण विभाग ने एकलव्य पुरस्कार विक्रम पुरस्कार विश्वामित्र पुरस्कार लाइफ टाईम एचीव्हमेंट और स्व प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के लिए आवेदकों से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है

प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये निर्वाचन आयोग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है सतना जिले में कल दिव्यांगजनों के लिये सुगम मतदान हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा वहीं अनूपपुर जिले में स्व सहायता समूह गांव गांव जाकर लोगों को मतदान का महत्व समझा रहे हैं समूह के सदस्य लोगों को मतदान के लिये प्रेरित कर रहे हैं जिला योजना प्रबंधक ने बताया है कि जिले के चारों विकासखण्डों में स्व सहायता समूहों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है

उमरिया जिले में भी मतदाताओं को मतदान के लिये सामुहिक शपथ दिलाई गई आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा यह मैच मोहाली में रात आठ बजे से होगा श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल्स की टीम चौथे और रवि चन्द्रन अश्विन के नेतृत्व में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम पांचवें स्थान पर है दोनों टीमों ने अब तक तीन तीन मैच खेले हैं इन्होंने दो दो मैच में जीत हासिल की है और एक एक में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है

पुलिस सभी से प्रछताछ कर रही है